महिलाओं के दृढ़संकल्प और साहस को बताने के लिये प्रदेश में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम

मध्य प्रदेश कोविड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियों के पालन के लिये रोको टोको अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाये अन्यथा कठोर कदम उठाना आवश्यक हो जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर और क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप सतर्क और सक्रिय रहते हुए स्थिति पर अभी से नियंत्रण करें अपने निवास पर कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार इंदौर भोपाल बुहानपुर जबलपुर रीवा उज्जैन ग्वालियर और छिंदवाड़ा में तेजी से प्रकरण बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इन जिलों पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं

राष्ट्रपति दमोह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आहवान किया है कि हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि जनजातीय समुदाय को आधुनिक विकास में भागीदारी का अवसर मिले और उनकी जनजातीय पहचान भी कायम रहे राष्ट्रपति कल मध्यप्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो जनजातीय जीवनशैली अपनाना होगा उन्होंने आदिवासी और जनजातीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों के रक्षक और प्रहरी बताते हुए कहा कि जनजातीय समुदायों ने अग्रेजों के दौर में भी इस सम्पदा की रक्षा की इसलिए आदिवासी और जनजातीय शहीदों को स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पूजा जाता है राष्ट्रपति श्री कोविंद ने सिंग्रामपुर गांव से वर्चुअल माध्यम से महात्मा गांधी राममनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया इस मौके पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख रूप से मौजूद रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है विश्व में लैंगिक समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है

यह दिवस जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की असाधारण भूमिका को दर्शाता है और साधारण महिलाओं द्वारा विषम परिस्थितियों में दुढ़ संकल्प और साहस का परिचायक है

श्री मोदी ने बताया कि जन औषधि केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है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 औषधि केन्द्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं विशेष रूप से हमारी बहनों को हमारी बेटियों को जब सिर्फ ढाई रूपए में सेनिट्री पैड्स उपलब्ध कराएं जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है अब तक ग्यारह करोड से ज्यादा सेनिट्री नैपकिनस इन केन्द्रों पर बिक चुके हैं प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाएं संचालित कर रही हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के साढे सात हजारवे जन औषधि केन्द्र को राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया इसी रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में विधिवत रूप से शामिल हो गए किसी जमाने में मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी समझे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती दो साल तक तुणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया था राज्य में विधानसभा चुनाव आठ चरणों में होंगे

बैडमिंटन स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन ट्र्नामेंट और स्पेन में खेली गई बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल किए हैं पी वी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया है

मनीष कौशिक ने स्वर्ण विकास कृष्ण मोहम्मद हुसामुद्दीन आशिष कुमार सुमी सांगवान और सतीश कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया महिला वर्ग में पूजा रानी जैस्मीन और सिमरनजीत कौर ने रजत और मैरीकॉम ने कांस्य पदक हासिल किया

इससे पहले मैरी कॉम को सेमीफाइनल में हार के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा

इस प्रयोगशाला से दृष्टिबाधित बच्चों की ब्रेनलिपि में पढ़ाई आसान होगी

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार